केन्द्र सरकार ने देशभर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय की मरम्मत करने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पूर्नभरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के पहले चरण के तौर पर यह निर्देश जारी किए गए हैं

राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह जोबनेर के श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगे

राज्यपाल कल्याण सिंह कल दोपहर में जोबनेर के लिए रवाना होंगे राज्यपाल कल शाम जोबनेर में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गये गांव इडन का बास के ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एस रविन्द्र भट्ट की उपस्थिति में जोधपुर में और प्रशासनिक न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की मौजूदगी में जयपुर में कल पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रन फॉर वन दौड़ का आयोजन किया गया इस अवसर पर वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए लगभग एक लाख पौधों का वितरण किया गया ओलम्पिक और एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश ने अपनी क्षमता के मुताबिक पदक हासिल नहीं किये

श्री रिजिजू ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें उन्होंने कहा कि जूनियर और सीनियर खिलाडियों को उनकी खुराक और पसंद के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीजें दी जायेंगी

बिजली विभाग की टीम ने हरसोली गांव लादोड़ गांव और ग्रुगचका गांव में छापामार कार्रवाई की इन तीनों गांवों में बिजली चोरी पर करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया युवक अनूपगढ़ निवासी है जो काफी समय से कस्बे में नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा था मादक पदार्थ की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है बाडमेर जिले के बालोतरा में पंजाब नेशनल बैंक में काम कर चुके शाखा प्रबंधक के जोधपुर स्थित आवास पर कल सीबीआई की टीम ने छापा मारा शाखा प्रबंधक पर कार्यरत रहने के दौरान अपने करीबियों को फायदा पहंचाने के लिये एफडी पर ज्यादा ब्याजदर देने का आरोप है जालोर जिले के सांचोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शाम एक अनियंत्रित जीप ने बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को कृचल दिया हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आठ अन्य लोग घायल हो गये घायलों का सांचोर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है सवाईमाधोपुर में मोरेल नदी पर पिकनिक मनाने आये युवक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई बीकानेर के गंगाशहर में एक टैक्सी के पलट जाने से इसमें सवार एक युवक की मौत हो गई श्रीगंगानगर में मानव तस्करी विरोधी इकाई एएचटीयू के दल ने कल चूड़ा बनाने के कारखाने से नौ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया इस कार्रवाई के दौरान मौके पर कारखाने का कर्मचारी पकड़ में आया है जो बिहार का रहने वाला है कारखाने का मुख्य संचालक पकडा नहीं जा सका है मानसून प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सक्रिय हो गया है मानसून के आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है और जल स्रोतों में पानी की आवक शुरू हो गई है कल चूरू कोटा और अजमेर में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा का दौर देखा गया मध्यप्रदेश में हो रही वर्षा का असर बांसवाडा जिले में भी देखने को मिल रहा है जिससे माही बांध का जलस्तर बढ गया है

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पिछले दिनों आदेश दिए थे कि वह शास्त्री नगर कब्रिस्तान की अध्री पड़ी चारदीवारी का निर्माण छह हफ्ते में कराए